सहरसा में चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

और आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है

शिक्षा विभाग ने हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है इस सिलसिले में पटना जिले के दो शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है वहीं सहरसा के चार शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने हड़ताली शिक्षकों के वेतन रोकने का आदेश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद श्री महाजन ने बताया कि जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं हैं सिर्फ उन्हीं का फरवरी महीने का वेतन जारी किया जायेगा उन्होंने बताया कि कटिहार में तीन सौ से अधिक तथा सुपौल और नवादा में सौ सौ से अधिक शिक्षक मैट्रिक परीक्षा की ड्यूटी पर नहीं आये हैं श्री महाजन ने कहा कि इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज कर इन्हें सेवा से बर्खास्त किया जायेगा दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों ने पटना के दो नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त किये जाने का विरोध किया है राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने दोनों शिक्षकों को चौबीस घंटे के अन्दर सेवा में वापस लिये जाने का अल्टीमेटम दिया है पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान सेवा का लाभ दिये जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है न्यायाधीश डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुये सरकार से पूछा है कि नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार के कर्मचारियों के बराबर सेवा का लाभ दिया जा सकता है या नहीं न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को यह भी बताने को कहा है कि इन शिक्षकों को वर्तमान में किस प्रकार का लाभ दिया जा सकता है पीठ ने इस संबंध में चार महीने के अन्दर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया वहीं न्यायालय ने शिक्षकों के समान काम समान वेतन की दलील को खारिज कर दिया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने अठारह महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की डिग्री को दो साल के पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता दे दी है इस संबंध में परिषद ने पत्र जारी कर दिया है पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय ने अठारह महीने के डीएलएड कोर्स को मान्यता देने का आदेश दिया था इस फैसले से प्रदेश के दो लाख तिरसठ हजार से अधिक शिक्षकों को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में फायदा होगा मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन कल कदाचार के आरोप में एक सौ सोलह परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया सबसे अधिक छत्तीस परीक्षार्थी भोजपुर जिले से निष्कासित किये गये प्रदेश में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के रिक्त दो हजार तीन सौ इकतीस पदों के लिए अठारह मार्च को होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जायेगी उम्मीदवार सत्ताईस फरवरी तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे उनतीस फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि दो मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं मतों की गिनती बीस मार्च को होगी रिक्त पदों में वार्ड सदस्य के सात सौ चौंसठ पंच के एक हजार तीन सौ चौंसठ सरपंच के बानवे मुखिया के चौंतीस पंचायत समिति सदस्य के तिहत्तर और जिला परिषद सदस्य के चार पद हैं आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक दो सालों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि मिट्टी की पोषक कमियों को दूर करने के उपाय किये जा सकें यह योजना उपज बढ़ाकर किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करती है साथ ही टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष दो हजार पन्द्रह में इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था कि किसानों को मिट्टी की सेहत की जानकारी होनी चाहिए उन्होंने कहा था कि यदि मिट्टी सेहतमंद नहीं होगी तो कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाये गये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज पहली बैठक होगी प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बैठक औपचारिक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है मौसम विभाग ने कहा है कि कल से चार दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि एक नये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश की सम्भावना बनी हुई है इधर प्रदेशभर के औसत तापमान में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बिजली कम्पनी का निजीकरण नहीं होगा उन्होंने बताया कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को भी पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया की सराहना की है प्राधिकरण ने कहा है कि बिहार में पंचायत स्तर पर लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी लागू की जायेगी गौरतलब है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने पंचायती राज विभाग के कार्यपालक सहायकों के सहयोग से पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजन कर गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है इसके तहत लगभग तीस हजार गोल्डन कार्ड प्रतिदिन बनाये जा रहे हैं राजस्व और भूमि सुधार विभाग प्रदेश में संविदा पर दो हजार एक सौ छत्तीस कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति करेगा विभागीय सूत्रों ने बताया कि इन पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया गया है औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजुलिया गांव में एक ऑटो रिक्शा और ट्रक की टक्कर में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है पश्चिम चम्पारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कलौची गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या कर दी गयी पुलिस ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही घटना को अंजाम दिया है वैशाली जिले के महमदपुर रोहुआ चौक के पास स्थित एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर दो लाख पन्द्रह हजार रूपये लूट लिये गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत महुअरी गांव में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में इंसास रायफल की इक्कीस मैगजीन बरामद की है आरा में पिछले वर्ष नवम्बर महीने में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की एक शाखा से पच्चीस लाख रूपये की लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नियोजित शिक्षकों की हड़ताल और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है परीक्षा में बाधा डालने वाले हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू दो बर्खास्त दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर उठाया सवाल बचाव में उतरे जदयू भाजपा के तमाम नेता दैनिक जागरण लिखता है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त का आज होगा ऐलान प्रभात खबर की सुर्खी है पुणे में कोरोना की वैक्सीन तैयार छह माह में होगा ट्रायल राष्ट्रीय सहारा ने अमरिकी संस्था वर्ल्ड पॉप्लेशन रिव्यू के हवाले से लिखा है ब्रिटेन फ्रांस को पीछे छोड़ भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था आज की सुर्खी है पैरासिटामॉल की कीमतों में चालीस फीसदी बढ़ोतरी और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की

सहरसा में चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

और आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जा रहा है